राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान मिले एक सौ चौवालीस नए कोरोना संक्रमित दो सौ उन्तीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी छुट्टी उपराजधानी दुमका और चाईबासा में तीन दर्जन से अधिक पक्षियों की मौत राज्य में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में इस शनिवार से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है

श्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में तीन करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में पचास वर्ष से अधिक आयु और किसी रोग से ग्रस्त पचास वर्ष से कम आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने देशवासियों को कारगर तरीके से टीके लगाने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कोविड वैक्सीन से किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के प्रबंध किए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विचार विमर्श तथा सहयोग से कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत मदद मिली है

श्री मोदी ने कहा कि यह कोरोनाकाल के दौरान एकजुट होकर काम करने का परिणाम है प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के दौरान अफवाहें न फैलाने को सुनिश्चित बनाने का भी आग्रह किया

इसी के साथ राज्य में अबतक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख सोलह हजार नौ सौ इकसठ पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ उन्तीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्यभर में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख चौदह हजार पांच सौ इकतीस पहुंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार तीन सौ बिरासी रह गई है राज्यभर में कल एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अब तक मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार अड़तालीस पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा इकहतर रांची जिले के पॉजिटिव शामिल हैं इधर जामताड़ा जिला कोरोना मुक्त होने के करीब पहुंच गया है जिले में अब सक्रिय मामलों की संख्या छह रह गई है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची स्थित आर्यभट्ट सभागार में राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के जन्मदिन पर उनके संघर्ष से जुड़ी तीन पुस्तकों का कल लोकार्पण किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तक के लेखक अनुज कुमार सिन्हा ने वीरभूमि के इतिहास को संजोकर युवाओं और बच्चों को समझाने का प्रयास किया है खूंटी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध नियंत्रण को लेकर कल एक विशेष बैठक को आयोजन किया गया जिसमें जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय इनामी नक्सली और खूंखार नक्सलियों के खात्मे को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को निश्चित अवधि में टास्क पूर्ण करने की जिम्मेवारी दी गयी झारखंड के डीजीपी एमवी राव नवीन कुमार सिंह एडीजी साकेत सिंह आईजी नक्सल अभियान जिले के एसपी आशुतोष शेखर के साथ हुई बैठक में भाकपा माओवादियों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के शीर्ष नक्सलियों और जोनल सबजोनल एरिया कमांडर समेत हार्डकोर नक्सलियों की सूची भी बनायी गयी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे साढ़े दस बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करेंगे इस दौरान समारोह में तीन राष्ट्रीय विजेता भी अपने विचार साझा करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और युवा मामले तथा खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे

इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ राष्ट्रीय युवा संसद समारोह भी आयोजित किया जा रहा है

झारखंड के विभिन्न जिलों में पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है उप राजधानी दुमका और चाईबासा में कल लगभग तीन दर्जन से अधिक पक्षियों की मौत हो गई द्मका में दो दर्जन से अधिक जबकि चाईबासा और जगन्नाथपुर में एक दर्जन से अधिक पक्षियों की मौत हो गई इन पक्षियों में कौओं की संख्या सर्वाधिक है इसके अलावा मुर्गा मैना और बगुले की भी मौत हुई है हालांकि बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की पुष्टि कहीं भी नहीं हुई है एहतियात के तौर पर मरे पक्षियों के सैंपल जांच के लिए रांची कोलकाता और भोपाल भेजे गए हैं सरकार ने एडवाइजरी जारी कर सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं राजस्थान केरल हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड में भी विभिन्न जिलों से सेंपल कलेक्शन और इनकी जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है हालांकि कल तक राज्य में बर्ड फ्लू के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हई है

बर्ड फ्लू के नोडल पदाधिकारी डा आलोक क्मार सिंह ने बताया कि अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि का कोई मामला राज्य में सामने नहीं आया है लोगों को डरना नहीं चाहिए और पशुपालन विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए उन्होंने कहा कि बिरसा जैविक उद्यान और कुछ अन्य जिलों से एकत्र किए गए सैंपल को कोलकाता की क्षेत्रीय लैब में भेजा गया है

विधानसभा पर्यावरण एवं प्रद्रषण नियंत्रण समिति के सदस्यों ने कल खूंटी में बैठक कर अवैध उत्खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया विधानसभा पर्यावरण प्रद्षण नियंत्रण समिति के सदस्यों ने लोहरदगा गुमला सिमडेगा सरायकेला खरसावां जमशेदपुर समेत कई इलाकों का भ्रमण किया और अलग अलग जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक भी की इसी क्रम में कल भ्रमण के अंतिम दिन समिति के सदस्य खूंटी पहंचे और जिले के उपायुक्त उप विकास आयुक्त और वन विभाग खनन विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की

राष्ट्र आज युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय आध्यात्म वेदांत और योग से परिचित कराया

राज्य में टेरर फंडिंग के मामलों का अनुसंधान कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआइए ने कल रांची स्थित एनआइए की विशेष अदालत में रामकपाल कंस्ट्रक्शन के पूर्व कर्मी मनोज कुमार यादव उर्फ मनोज कुमार सहित चार माओवादियों के खिलाफ प्रक आरोप पत्र दाखिल कर दिया

न्यायाधीश एचसी मिश्र और राजेश कुमार की अदालत में कई मामलों की सुनवाई की गई है

ट्रेन के सभी कोच रिजर्व टिकट के लिए हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य में प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने नए कृषि कानुन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के निर्देश की खबर को प्रमुखता से छापा है नए कृषि कानून हो सकते हैं स्थगित फैसला आज शीर्षक को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है रांची सहित राज्यभर में आज से मौसम में बदलाव और ठंड बढ़ने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है सिडनी में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ की खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है